प्रदेश सरकार ने कल इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इसके अनुसार राज्य में हार्डवेयर व भवन निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को तीन घंटे खुली रहेंगी

इसके अलावा आबकारी एवं कराधान विभाग को भी कर्फ्यू के दौरान खोलने के आदेश जारी किए गए है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोगियों की कोविड जांच में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्व है ताकि समय रहते इनका उपचार सुनिश्चित किया जा सके उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अधिक घातक है इसलिए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से वेंटीलेटर स्पोर्ट पर निर्भर गंभीर को रोगियों मदद मिलेगी और उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी इसके अलावा उन्होंने यहां एक हजार एलपीएम क्षमता वाले एक अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की ट्टीकाकरण मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने कल शिमला में एक बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश पात्र आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने में देश भर में सर्वोच्च स्थान पर है

हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हर मंगलवार और शुक्रवार को भवन निर्माण संबंधी कार्यों के लिए दुकानें खुली रखने का फैसला

पत्र लिखता है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए गठित होगी टाक्स फोर्स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

नमस्कार